इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल और मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा सहित प्रदेश भाजपा के अन्य नेता व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर आज हरोली विधानसभा क्षेत्र और शिमला से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ठियोग क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे प्रचार कांग्रेस दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज ऊना जिले के झलेड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनी राम शांडिल आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र और मंडी से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा द्वंग जबकि कांगड़ा से उम्मीदवार पवन काजल गंगत के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार पर रहेंगे मतगणना केन्द्र कांगड़ा जिले में वोटों की गिनती के लिए चार मतगणना केंद्र निर्धारित किए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने धर्मशाला में बताया कि इन मतगणना केंद्रों में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र से सौ मीटर की दूरी तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी संदीप क्मार ने कहा कि मतगणना केंद्रों में मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ईवीएम के रखरखाव के लिए स्ट्रांग रूम भी तैयार किए गए हैं स्वीप लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सोलन जिला प्रशासन द्वारा बघाटी भाषा में निमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं जिन्हें कसौली व सोलन निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों को बांटा जाएगा

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी की आज होने वाली रैली को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है पीएम मोदी आज मंडी और राहुल गांधी ऊना में गरजेंगे दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मंडी में प्रधानमंत्री तो ऊना में कांग्रेस अध्यक्ष भरेंगे हुंकार सियासी गरमाहट से और तपेंगे पहाड़ दैनिक भास्कर के शब्द हैं लोकसभा चुनाव के लिए आज से हिमाचल में स्टार वार शुरू दैनिक जागरण लिखता है आज गरजेंगे मोदी व राहुल चढ़ेगा सियासी पारा जबकि अजीत समाचार का कहना है दुल्हन की तरह सजी छोटी काशी भाजपा के लिए संजीवनी होगी प्रधानमंत्री की रैली मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जल्द होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश दिव्य हिमाचल की सुर्खी है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जल्द बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज

दिव्य हिमाचल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है मुख्यमंत्री और उपायुक्त सिरमौर डरपोक आपका फैसला के मुताबिक अधिकारियों पर दबाव डाल रही सरकार

नमस्कार